राज्यभर में ईद का त्योहार आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है

केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी किये हैं केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुरूप प्रोन्नति की अनुमति मंत्रालय और विभागों को दी गयी है राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर विभागों में लंबित पदोन्नति के लिये कदम उठायें गौरतलब है कि कई न्यायिक फैसलों के चलते पदोन्नति में आरक्षण को लेकर रोक लग गयी थी राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में ईद उल फितर का त्योहार आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है पवित्र रमजान महीने की समाप्ति पर इस त्योहार को मनाया जाता है ईद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की नियुक्ति के साथ गश्ती बढ़ा दी गयी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग सुबह से ही ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं ईदगाह मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों पर ईद की नमाज अदा की जा रही है ईद के मौके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्यवासियों को मुबारकबाद दिया है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि इस पर्व को प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाए तथा सभी एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता सुदृढ़ करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से पारस्परिक सौहार्द आपसी प्रेम और सहिष्णुता के साथ ईद उल फितर मनाने का अपील की है उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विविधता भारत की ताकत का पर्याय है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार में जमीन नहीं मिलने से दो लाख करोड़ की योजनायें रूकी पड़ी है श्री गडकरी नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि जमीन नहीं मिलने का सबसे ज्यादा असर सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं पर पड़ा है उन्होंने कहा कि सड़क योजना को शुरू करने के लिये नब्बे प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण आवश्यक है केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जातायी है कि यह समस्या जल्द ही दूर हो जायेगी इधर राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य में जमीन अधिग्रहण में थोड़ी कठिनाई जरूर है पर जितनी जमीन की जरूरत है उतनी जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिये चौवन हजार सात सौ करोड़ रूपये का पैकेज दिया है सड़क निर्माण में बयासी योजनाओं पर काम होना है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित वन क्षेत्र की दो सड़कों के निर्माण की मंजूरी दे दी है इसके साथ पटना और बरौनी जांच प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिये भी राशि की मंजूरी दी है इससे गंगा और उसके सहायक नदियों के पानी के प्रदूषण की जांच की जा सकेगी श्री मोदी पटना में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि पटना और बरौनी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की दो प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिये दस करोड़ इक्यानवे लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है वहीं कैमूर और भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में वर्षों से अटकी दो सड़कों के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुधवार रात को गया जिले में एक महिला और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर संज्ञान लिया है आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि आयोग जघन्य और घृणित अपराध के लिये चिंतित है महिला आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और मामले में की गयी कार्रवाई के बारे में तत्काल बताने को कहा है स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में तीन हजार पांच सौ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलेगी सेवा उपलब्ध कराने के लिये इन उपकेंद्रों पर सात हजार एएनएम की नियुक्ति होगी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि जिन पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं वहां यह उपकेंद्र खोले जायेंगे इधर स्वास्थ्य विभाग मरीजों और उसके परिजनों की सुविधा के लिये मोबाइल एप तैयार कर रहा है इस एप के जरिये अस्पतालों के ओपीडी में निबंधन कराया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी आठ जुलाई को पंचायत उप चुनाव के कारण ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बारह जून को किये गये तीन सौ अंठावन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है पंचायत उप चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुये आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिलाधिकारियों को दस जुलाई तक तबादले को रोकने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि प्रदेश के अड़तीस जिलों में लगभग ढाई हजार पदों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है प्रदेश में पछुआ हवा चलने से तापमान में वृद्धि हुयी है तापमान में वृद्धि होने के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है शुक्रवार को गया प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहा गया में अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में मानसून कमजोर हो चुका है प्रदेश में अब मॉनसून एक हफ्ते के बाद प्रवेश करेगा प्रदेश के सभी अंचलों में तेरह अगस्त से ऑनलाइन म्यूटेशन का काम शुरू हो जायेगा भूमि सुधार विभाग ने जमीन से संबंधित सभी प्रकार की बाधायें दूर करने का निर्देश जारी किया है इसके लिये विभाग ने चरणवद्व योजना बनायी है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन म्यूटेशन का काम दिसंबर दो हजार सत्रह से ही शुरू किया गया है विभाग ने तय किया है कि राज्य के अठारह जिलों के जिन एक सौ पंद्रह अंचलों में जमाबंदी का रिकॉर्ड कम्प्यूटराइज्ड हो चुका है वहां यह काम दो जुलाई से शुरू किया जायेगा वहीं उनतीस जिलों के एक सौ छब्बीस अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन तेईस जुलाई से शुरू करने का निर्दश दिया गया है बिहार स्टेट बार काउंसिल के सभी पच्चीस पदों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गयी है इस चुनाव में चालीस हजार अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इनमें अड़तीस हजार नौ सौ बीस वैध जबकि एक हजार एक सौ छत्तीस मत अवैध घोषित किये गये मतगणना के दौरान जिस उम्मीदवार को एक हजार चार सौ संतानवे मत प्राप्त हुये हैं उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र अतंर्गत नटवा में एक निर्माण कंपनी के कार्यालय पर सुरक्षा के लिये तैनात सैप के एक जवान को उसके ही साथी जवान ने गोली मारकर हत्या कर दी मृतक जवान नंदजी राय भोरे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का रहने वाला है पुलिस ने आरोपित जवान मतवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है सहरसा और पूर्णिया में अलग अलग घटनाओं में चार बच्चों की डूबने से मौत हो गयी सहरसा के कोसी नदी में स्नान करने गये तीन बच्चे ड्रूब गये वहीं द्रसरी ओर पूर्णिया में गड़डे में ड्रबकर एक बच्चे की मौत हो गयी भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर सेपक टाकरा चैंपियनशिप में बिहार ने दो कांस्य पदक प्राप्त किये हैं बिहार ने बालिका वर्ग के रेगु इवेंट में जबकि बालक डबल स्पर्धा में ये पदक जीते हैं मेरठ में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार ने रजत पदक प्राप्त किया है कैमूर के नीरज कुमार ने बिहार को यह पदक ग्रीको रोमन के अड़तालीस किलो भार वर्ग में दिलाया पटना में संपन्न पटना जिला महिला शतरंज प्रतियोगिता में छह चक्रों में पांच दशमलव पांच अंकों के साथ मान्या दीप्तम ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है एससी एसटी के लिये प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश दैनिक जागरण का शीर्षक है पछुआ ने खुब झुलसाया बयालीस के करीब पहुंचा राजधानी का पारा पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है दीघा आर ब्लॉक ट्रैक पर अक्टूबर से निर्माण प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है दलाली रोकने का अभियान है डिजिटल इंडिया दैनिक भास्कर ने इंटर परीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है इंटर छात्रों को अलग से नहीं देना होगा आवेदन ऑबजेक्टिव व प्रैक्टिकल की कॉपियों की भी होगी स्क्रूटनी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया गया कांड का संज्ञान

राज्यभर में ईद का त्योहार आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है